राशि से संतावन परियोजनाओं पर होगा काम

स्वस्थ होने की दर निन्यानवे प्रतिशत से अधिक बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

केन्द्र सरकार ने योजना की जांच के लिए रैंडम आधार पर किसानों का चयन कर सूची राज्य सरकार को भेज दी है कृषि निदेशक डी पी त्रिपाठी ने बताया कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कृषि विभाग ने सभी प्रखंड मुख्यालयों को सूची भेजकर किसानों का सत्यापन शुरू कर दिया है इस काम में प्रखंड कृषि अधिकारियों के साथ साथ सहायक तकनीकी प्रबंधक और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक की भी सेवा ली जा रही है गौरतलब है कि योजना को आधार से लिंक कराये जाने के बाद प्रदेश भर में बत्तीस हजार ऐसे किसानों की पहचान हुई थी जो आयकरदाता होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे इसके बाद इन सभी किसानों का नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया था और इनसे राशि वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है केन्द्रीय बजट में इस बार बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए पांच हजार एक सौ पचास करोड़ रूपये का आवंटन हुआ है इसमें पूर्व मध्य रेलवे को चार हजार आठ सौ तैंतालीस करोड़ रूपये मिले हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस राशि से संतावन परियोजनाओं पर काम होगा नेऊरा दनियावां बरबीघा और शेखपुरा के बीच एक सौ इक्कीस किलोमीटर लंबी रेल लाईन के लिए एक सौ पचास करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं वहीं पटना में रेल सह सड़क पुल के लिए पचास करोड़ और किउल गया रेलवे लाईन के दोहरीकरण के लिए दो सौ पचास करोड़ रूपये जारी किये गये हैं इसी तरह हाजीपुर बछवाड़ा रेल लाईन के दोहरीकरण के लिए एक सौ अस्सी करोड़ रूपये का आवंटन हुआ है ऊपरी और निचली सड़क पुल के लिए एक सौ तिरपन करोड़ रूपये और सड़क संरक्षा कार्य के लिए चौहत्तर करोड़ रूपये जारी किये गये हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने आरा से बलिया के बीच नई रेल लाईन के सर्वे को भी मंजूरी दे दी है प्रदेश के सभी डाकघरों को तीस अप्रैल तक कोर बैकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जायेगा पूर्वी क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इसके लिए बीएसएनएल के साथ समझौता हुआ है उन्होंने बताया कि राज्य में सात सौ तेरासी डाकघर कोर बैकिंग सिस्टम से जोड़े जा चुके हैं राज्य सरकार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट से विभिन्न सब स्टेशनों तक सस्ते दरों पर बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाईन बिछायेगी ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस पर आठ सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे पावर प्लांट से बिहार को एक हजार बाईस मेगावाट बिजली मिलनी है पटना उच्च न्यायालय ने गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराब कांड मामले में दस बर्खास्त पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है न्यायामूर्ति आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने सभी बर्खास्त पुलिसकर्मियों को सेवा से बाहर रहने की अवधि का प्रा वेतन और अन्य पारिश्रमिक के भी भुगतान का निर्देश दिया है इससे पूर्व भी पटना उच्च न्यायालय इस मामले में पांच बर्खास्त पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल कर चुकी है गौरतलब है कि अगस्त दो हजार सोलह में खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से उन्नीस लोगों की मौत हो गयी थी इस मामले में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने चौबीस पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था पटना प्रमंडल में यदि किसी के मकान या गोदाम में शराब पकड़ी जाती है तो उस मकान या गोदाम को जब्त कर उसकी नीलामी की जायेगी

गौरतलब है कि पटना में पिछले दिनों चार करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की शराब बरामद की गयी थी जिसके बाद यह फैसला किया गया है बिहार पुलिस की मद्यनिषेध इकाई ने कुख्यात शराब तस्कर अजीत सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार किया है अजीत सिंह मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और बिहार शराब भेजने के कारोबार में लिप्त था मद्यनिषेध विभाग के आईजी अमृत राज ने बताया कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार इस प्रकार की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गोपालगंज में शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया गया था गिरफ्तार ट्रक चालक की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गयी है पटना रेंज के आईजी संजय सिंह ने शराब तस्करों को पुलिस हिरासत से छोड़ने के लिए पांच लाख रूपये घूस मांगने के आरोप में पटना के कदमकुआं के तत्कालीन थानाध्यक्ष निशिकांत निशी दारोगा राकेश क्मार और सिपाही अरूण क्मार को निलंबित कर दिया है श्री सिंह ने बताया कि निलंबित प्रलिसकर्मी का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कार शराब और दो तस्करों को छोड़ने के लिए एक दलाल के माध्यम से पांच लाख रूपये की मांग की गयी थी मामले के सही पाये जाने के बाद यह कार्रवाई की गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार से कम हो गयी है एक लंबी अवधि के बाद राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार से नीचे आयी है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या नौ सौ निन्यानवे है इधर कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है एक दिन में एक सौ नौ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख अंठावन हजार पांच सौ छप्पन हो गई है वहीं इसी अवधि में चौंसठ नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार अड़सठ हो गया है एक दिन में दो लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ बारह हो गई है प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू होगा इसमें फ्रंट लाईन वर्कर्स को टीके दिये जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इस चरण के लिये अब तक दो लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है फ्रंट लाईन वर्कर्स में पुलिस सेना सैन्य बल होमगार्ड कारा विभाग आपदा प्रबंधन राजस्व विभाग और नगर निकाय के सफाई कर्मी शामिल हैं इसके अलावा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी टीका दिया जायेगा इधर प्रदेश में अब तक तीन लाख ग्यारह हजार चार सौ पचहत्तर स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है कल सैंतालीस हजार दो सौ नौ लोगों का टीकाकरण हुआ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने की अपील की

मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बन रहे प्रतिचक्रवात के कारण बारिश की संभावना है राज्य सरकार ने इकतीस मार्च तक रविवार को भी सभी जिलों में निबंधन कार्यालय को खोलने का आदेश दिया है विभागीय आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में मुखिया के उम्मीदवारों के लिए उनतीस चुनाव चिन्ह निर्धारित किये हैं इनमें मोतियों की माला ब्लैक बोर्ड मोमबत्ती टेलीविजन और कैरमबोर्ड समेत अन्य सिम्बल शामिल है वहीं सरपंच पद के लिए उन्नीस चुनाव चिन्हों का निर्धारण किया गया है इधर पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए नब्बे हजार ईवीएम खरीद का प्रस्ताव तैयार किया है कैबिनेट से प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ईवीएम खरीद का प्रक्रिया शुरू होगी पटना जिले के घोसवारी प्रखंड की बीडीओ कामिनी देवी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गयीं पुलिस ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष पद के लिए दाखिल एक नामांकन पत्र के खारिज होने से आक्रोशित प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने घटना को अंजाम दिया इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वैदिक प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जाने माने विशेषज्ञ प्रोफेसर डी एन झा का नई दिल्ली में निधन हो गया प्रोफेसर झा मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले थे उनके निधन पर सामाजिक और शैक्षणिक जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है इंटर परीक्षा के चौथे दिन कल कदाचार के आरोप में एक सौ परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया इसमें सबसे अधिक बाईस परीक्षार्थी नवादा से निष्कासित किये गये हैं वहीं दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में बारह छात्रों को गिरफ्तार किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी के चौथे चरण की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है परीक्षा पन्द्रह फरवरी से शुरू होकर तीन मार्च तक चलेगी परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की बेवसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए उम्र सीमा इकतीस वर्ष कर दी है आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल वर्तमान परीक्षा के लिए प्रभावी है जमुई जिले के चन्द्रमंडी थाना क्षेत्र के जंगल में चलाये गये सर्च अभियान के दौरान सीआरपीएफ की टीम ने दो क्विंटल से अधिक विस्फोटक बरामद किया है सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर चौक पर अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी और चार अन्य को घायल कर दिया भागलपुर जिले के गोराडीह सहायक थाना क्षेत्र के स्वरूपचक गांव में पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभात खबर लिखता है अमरीका ने कहा नये कृषि कानूनों से वैश्विक बाजार में भारत का बढ़ेगा प्रभाव दैनिक जागरण ने लिखा है ओबीसी रिक्तियां भरने के लिए केन्द्र चलायेगा अभियान दैनिक भास्कर की सुर्खी है दिल्ली की तर्ज पर पटना में खुलेगी मुहल्ला क्लिनिक राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है आईसीएमआर के ताजा सीरो सर्वे में हुए खुलासा कोरोना की चपेट में आयी इक्कीस प्रतिशत आबादी दैनिक आज की सुर्खी है बिहार में दूसरे चरण का टीकाकरण छह फरवरी से

राशि से संतावन परियोजनाओं पर होगा काम

स्वस्थ होने की दर निन्यानवे प्रतिशत से अधिक